आज सुबह एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए अपने घर में रहे और दीये जलाते समय समूह में एकत्र न हों

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यह पहला अवसर है जब ओलंपिक स्थगित करने पडे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस महामारी के खिलाफ लडाई में निश्चित रूप से विजेता बनकर उभरेगा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस संघर्ष में खिलाडियों का सक्रिय योगदान होगा

इनमें कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आयुष से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं को लॉकडाउन से छूट की सूची में रखा गया है गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं और उनसे संबंधित सामान के प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को अन्य आवश्यक सेवाओं की तरह ही छूट दी जाएगी

नवीनतम आदेशों के अनुसार सरकारी विभागों की सहायता से कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री आयुष के अंतर्गत अस्पताल और उनसे जुड़ी चिकित्सा सेवाओं के साथ ही दवाओं का निर्माण और उनकी पैकेजिंग से जुड़े लोगों को भी छूट की इस श्र्रेणी में शामिल किया गया है

उपायक्त केसी चमन ने बताया कि महिला को दो दिन पहले खांसी व जुकाम की शिकायत के बाद बददी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उन्होंने कहा कि पिछले कल महिला की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसे पीजीआई चण्डीगढ़ रैफर किया गया था जहां उसकी मृत्यू हो गई उपायुक्त ने कहा कि महिला के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं बिलासपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा

उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए

हालांकि इन में कोरोना के लक्षण नहीं पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग की एक टीम तीसा भेजी गई है जो क्वारेटांइन किये लोगों के सैंपल लेगी

जिला प्रशासन ने अन्य इलाकों में भी तलाशी अभियान तेज़ कर दिया है ताकि तबलीगी जमात से चंबा पहुंचे लोगों का पता लगाया जा सके स्क्रीनिंग अभियान ऊना जिले में पिछले कुछ दिनों में विदेशों और अन्य राज्यों से आए लोगों की पहचान और स्वास्थ्य जांच के लिए स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया गया है